देशवासियों से पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने का आह्वान किया

आठ जून से कंटेनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्व तरीके से छूट दी जाएगी

टैक्सी ऑटो ई रिक्शा भी चलेंगे राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में आवाजाही पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा

तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट ब्क नहीं होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा आकाशवाणी से मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों सहित कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है खुल गया है ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है दो गज की दूरी का नियम हो मुंह पर मास्क लगाने की बात हो हो सके तो वहां तक घर में रहना हो ये सारी बातों का पालन उसमें जरा भी दिलाई नहीं बरतनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लडाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की परिचायक है श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों ने कोविड नाइन्टीन की गंभीर चुनौतियों का सामना किया है और कोरोना को तेजी से फैलने से रोका है प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया प्रधानमंत्री ने महामारी के कारण लोगों के कष्टों और समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा की ये दुनिया के हर कोरोना प्रमावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अछ्रता नहीं है हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो परेशानी में न हो और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मजदूर श्रमिक वर्ग पर पड़ी है उनकी तकलीफ उनका दर्द और उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती हममें से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुषव न कर रहा हो हम सब मिलकर इस तकलीफ को इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिये है जिनसे ग्रामीण रोजगार स्व रोजगार और लघु उद्योगों के लिए नये अवसर खुले हैं उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं देश के कई भागों में टिड्डी दलों के प्रकोप के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारें कृषि विभाग और प्रशासन सभी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि फसलों को बचाया जाए प्रधानमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करने को कहा श्री मोदी ने कहा कि पानी को बचाने और वर्षा जल संचयन की जिम्मेदारी भी हम सबकी है उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे आगामी पांच जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे रोपें और प्रकृति के साथ अपने संबंध सुदृढ करें प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को तीस जून तक बढ़ा दिया है केन्द्र की ओर से जारी दिशा निर्देशों पर अमल करते हुए प्रदेश में आठ जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्व तरीके से छूट दी जाएगी नए दिशानिर्देशों के अनुसार पहले चरण में प्रदेश में आठ जून से धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल होटल और रेस्त्रां को खोलने की अनुमति होगी सिनेमा हॉल बार जिम तरणताल मनोरंजन पार्क असेम्बली हॉल बन्द रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और मेट्रो रेल सेवाओं पर भी प्रतिबन्ध रहेगा रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा सभी सरकारी कार्यालय सौ प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ तीन पालियों में खुलेंगे पहली पाली सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक द्सरी पाली सुबह दस बजे से शाम छ बजे तक और तीसरी पाली सुबह ग्यारह बजे से शाम सात बजे तक होगी बाजार सुबह नौ बजे से शाम नौ बजे तक खुलेंगे हालांकि प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुलेंगे सुपर मार्केट भी खुलेंगे मिठाई की दुकानों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी बारात घर खोलने की अनुमति होगी लेकिन अधिकतम तीस लोग ही शामिल हो सकेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे मगर कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा एक ही तौलिया का बार बार उपयोग नहीं किया जा सकेगा राज्य परिवहन निगम की बसों के संचालन को भी अनुमति दी गयी है बसों को विषाणुमुक्त करने के लिए सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा निजी क्षेत्र की बसों को भी शर्तों के साथ चलने की अनुमति दी गयी है टैक्सी कैब सर्विस ऑटो ई रिक्शा को भी चलने की अनुमति होगी प्रदेश सरकार ने पार्क खेल परिसर और स्टेडियम खोलने को भी मंजूरी दे दी है लेकिन दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा राज्य के भीतर और अन्य राज्यो में व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा इसके लिए किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक फिलहाल बंद रहेंगे आज से देशभर में दो सौ विशेष रेलगाड़ियां चल रही हैं ये रेल सेवा श्रमिक स्पेशल और तीस वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और सामान्य श्रेणी दोनों के लिए आरक्षित टिकट उपलब्ध होंगे सामान्य डिब्बों में भी बैठने वाली सीटें आरक्षित होंगी रेलगाड़ी में बिना आरक्षित टिकट के किसी भी कोच में यात्रा नहीं की जा सकेगी रेल मंत्रालय ने कहा है कि करीब छब्बीस लाख यात्री एक जून से तीस जून तक के लिए पहले ही टिकट बुक करा चुके हैं रेल यात्रा के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को यात्रा शुरू करने से नब्बे मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके केवल वे यात्री ही रेलगाड़ी पर चढ़ सकेंगे जो संक्रमण रहित होंगे रेलवे स्टेशन में उन यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास कन्फर्म टिकट या आरएसी टिकट होगा सभी यात्रियों के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन भी करना होगा गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को संबंधित राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा यात्रा के दौरान रेलगाड़ी के भीतर कंबल या पर्दे आदि नहीं दिये जाएगें यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के लिए अपनी चादर खुद लेकर आएं शुरू हो रही नई रेलगाड़ियों के लिए टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिये बुक किये जा रहे हैं इसके अलावा रेलवे की टिकट खिड़कियों सामान्य सेवा केन्द्रों या एजेंटो के जरिये भी टिकट खरीदे जा सकते हैं विशेष रेलगाड़यिों के लिए तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से शुरू हो रही रेल सेवाओं के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की समुचित स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए राज्य में कोविड नाइन्टीन की टेस्टिंग क्षमता को जून माह के अंत तक बढ़ाकर प्रतिदिन बीस हजार किये जाने के निर्देश दिये उन्होंने आज से शुरू हो रहे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बरतने की सख्त हिदायत दी उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध हो राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कहा कि कोविड नाइन्टीन की विषम परिस्थितियों में व्यापारियों ने देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन को बनाये रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है श्रीमती पटेल ने कल राजभवन में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इण्डिया ट्रेडर्स के देशभर से जुड़े व्यापारियों एवं महिला उद्यमियों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बोधित किया उन्होंने आशा जताई कि लॉकडाउन के दौरान उद्योग धन्धों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव से देश शीघ्र ही उबर सकेगा प्रदेश में पिछले चौबीस घटों के दौरान कोरोना संक्रमण से एक सौ बानबे मरीज स्वस्थ हुए हैं बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर चार हजार आठ सौ तैंतालीस हो गई है कल तीन सौ अठहत्तर लोगों में कोविड नाइन्टीन संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमित व्यक्तियों की तादाद आठ हजार पचहत्तर पहुंच गई है चार मरीजों की मृत्यु के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या दो सौ सत्रह हो गई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार पन्द्रह है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज्यादा उन्चास मरीज गौतमबुद्ध नगर जिले में मिले गाजियाबाद जिले में तैंतीस देवरिया में बीस फिरोजाबाद गाजीपुर में उन्नीस उन्नीस लखनऊ में सोलह अमेठी में चौदह मेरठ संमल में तेरह तेरह और महराजगंज में दस व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुयी है भारत सरकार ने इस खबर का खंडन किया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और मास्क मानकों के अनुरूप नहीं होने की वजह से एम्स के पचास स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने तथ्यों की जांच के बाद इस खबर को गलत बताया है कार्यालय की ओर से एक ट्वीट में कहा गया कि एम्स के स्वास्थ्य कर्मियों को जो मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं वे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं इन्हें एम्स की समिति द्वारा जांचा और प्रमाणित किया गया है